प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन शुरु करने का आह्वान किया है उन्होंने लोगों से जल की एक एक बूंद बचाने का आगह किया केंद्र में दोबारा सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने आज पहली बार आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित किया उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के तरीकों का प्रचार प्रसार होना चाहिए प्रधानमंत्री ने लोगों से यह अनुरोध भी किया कि वे जल संरक्षण के उन पारम्परिक तरीकों को साझा करें जो सदियों से उपयोग में लाए जाते रहे हैं श्री मोदी ने लोगों से अन्ररोध किया कि वे ऐसे लोगों स्वंयसेवी संस्थाओं और अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी दें जो जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं

फिल्म जगत हो खेल जगत हो मीडिया के हमारे साथी हों सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हों सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हों कथा कीर्तन करने वाले लोग हों हर कोई अपने अपने तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व करें प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में जानकारी देने के लिए हैश टैग जन शक्ति फॉर जल शक्ति का उपयोग करने का अनुरोध किया प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पानी से संबंधित सभी विषयों पर तेजी से निर्णय लेने के लिए नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने सभी सरपंचों और ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर गांवों में जल संकट के समाधान पर ग्रामीणों के साथ चर्चा करने को कहा है बाइट मैंने ग्राम प्रधानों को लिखा कि पानी बचाने के लिए पानी का संचय करने के लिए वर्षा के बूंद बूंद पानी बचाने के लिए वे ग्राम सभा की बैठक ब्रलाकर गाँव वालों के साथ बैठकर के विचार विमर्श करें

भारतीय संस्कृति में जल के असीम महत्व का उल्लेख करत हुए प्रधानमंत्री ने ऋग्वेद के आपः सूक्त का भी उल्लेख किया हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि समग्र स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता ने योग की महिमा और योग दिवस का महत्व बढ़ा दिया है उन्होंने कहा कि योग ने व्यापक रूप ले लिया है और विश्व भर में योग दिवस को सामूहिक रूप से मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कई उदाहरण देकर बताया कि जापान इटली और कई अन्य देशों में योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है बाइट जापान योग निकेतन को लीजिए जिसने योग को प्ररे जापान में लोकप्रिय बनाया है जापान योग निकेतन वहां के कई इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग कोर्सेज चलाता है या फिर इटली की मिस एंटोनिटा रोजी उन्हीं का नाम ले लीजिए जिन्होंने सर्व योग इंटरनेशनल की शुरूआत की और पूरे यूरोप में योग का प्रचार प्रसार किया ये अपने आप में प्रेरक उदाहरण लोकतंत्र के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए संविधान आवश्यक है उन्होंने कहा कि भारत इस बात पर गर्व कर सकता है कि कानून और व्यवस्था के अलावा लोकतंत्र हमारी संस्कृति में रचा बसा है और यह हमारी विरासत का अंग है उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों के दिल में आक्रोश था और खोये हुए लोकतंत्र की तड़प थी

यह संख्या अमरीका की पूरी आबादी यहां तक कि यूरोप की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रक्रिया में शामिल अत्यधिक संसाधनों और श्रम शक्ति का भी उल्लेख किया बाइट लोकतंत्र के इस महायज्ञ को समफलतापूर्वक सपन्न कराने के लिए जहां अर्द्धसैनिक बलों के करीब तीन लाख सुरक्षाकर्मियों ने अपना दायित्व निभाया

इन्हीं लोगों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप इस बार पिछली बार से भी अधिक मतदान हो गया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

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज लोगों ने आकाशवाणी से प्रसारित प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यकम को प्री उत्सुकता के साथ सुना अयोध्या स्थित ऐतिहासिक हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास ने कहा बाइट हम साधु संत मोदी जी को धन्यवाद और आभार देना चाहेंगे कि जिस प्रकार के दूरगामी विचार मोदी जी के हैं जिसमें आज उन्होंने का कि जल संरक्षण करेंगे तभी देश बचेगा हमारी जो आने वाली पीढ़िया हैं वह जल के लिए न तरसें और मोदी जी ने जिस प्रकार योग को लेकर उन्होंने मुहिम चलाया था

बरेली की वरदाना प्रधानमंत्री की इस बात से प्रेरित हैं कि वे छोटी छोटी बातों का भी संज्ञान लेते हैं बाइट मेरा नाम वरदाना है मैं रेग्यूलरी प्रधानमंत्री की मन की बात प्रोग्राम देखती हूॅ वह उसमें बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो हम लोगों के लिए आम लोगों के लिए प्रेरणादायी होती है

उन्होंने महिलाओं की लोकतंत्र के अंदर भागीदारी की बात की आपातकाल की बात की जो कि अच्छा लगता है सुनकर जो देश का प्रधानमंत्री है जो इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी पर है वह देश की छोटी छोटी बातों पर भी अपनी नजर रखता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में बसे अंतिम व्यक्ति को भी मिलना चाहिए इसक लिए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में अगले दो महीनों में गोल्डेन कार्ड का वितरण कराने के अधिकारियों को निर्देश दिये वे कल सहारनपुर मंडल के तीन जिलों मुजफ्फरनगर सहारनपुर और शामली में विकास कार्यो की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को गॉवों में जाकर पाइप्ड पेयजल योजना के तहत जल की गुणवत्ता और उपलब्धता की जांच स्वयं करने के लिए भी कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश के मौसम में गांवों में प्लास्टिक पॉलिथिन और थर्मोकोल पर पूरी तरह से पतिबंध लगाया जाये उन्होंने कहा कि इनकी वजह से नालियों में पानी जमा होता है जिससे कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद में जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने के बाद कानून व्यवस्था और विकास कार्यो की समीक्षा की

मुख्य सचिव डॉक्टर अनूप चन्द्र पाण्डेय ने अभियान की तैयारियों की समोक्षा करत हुए अधिकारियों से अधिक से अधिक लोगों को संचारी रोगों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिये इसके लिए तहसील ब्लॉक कलेक्ट्रेट सीएचसी पीएचसी सहित प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगाने तथा आशा बहुओं एवं ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों को घर घर भेज कर लोगों को बीमारी से बचाव के तरीकों की जानकारी देने के लिए कहा है

मुख्य सचिव ने कहा कि स्कूल चलो अभियान के तहत आयोजित होने वाले कार्यकमों में प्रभारी मंत्रियों द्वारा बच्चों को स्कूली यूनीफार्म और पुस्तकों को वितरण सुनिश्चित करवाया जाये और अभियान से आम लोगों को भी जोड़ा जाये प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मृत्यु हो गयी और चार लोग घायल हो गये मैनपुरो जिले के थाना बेबर क्षेत्र में कल रात एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी एक झोपड़ी में घुस गया ट्रक की चपेट में आने से झोपड़ी में सो रहे पिता और पुत्र की मौके पर ही मृत्यु हो गयी जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेबर में भर्ती करा गया गया हैं

समाप्त